उप राष्ट्रपति श्री एम वैकेया नायडू ने आज ग्रूदास प्र जिले में डेरा बाबा नानक के निकट मान गांव में करतार प्र गलियारे की आधारशिला रखी

श्री नायडू ने कहा कि उम्मीद है कि इस गलियारे से शांति और हम सबको विकास का मार्ग प्ररस्त होगा हालही मे हये आंतकवादी हमलों का जिक्र करते हए उप राष्ट्रपति ने कहा कि आंतकवाद इंसानियत का द्श्मन है इसका कोई धर्म नहीं है जबकि क्छ लोग आंतक फैलाने के लिये धर्म का इस्तेमाल करते है उप राष्ट्रपति ने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है और इसने कभी किसी पर हमला नहीं किया स्पष्ट रहना और दूसरो का ख्याल करना भारतीय सांस्कृति का मूल है उन्होंने घोषणा की कि ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोदी को सांस्कृतिक शहर के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव है इसे स्मार्ट सिटी के सिद्वातों पर विकसित किया जायेगा उन्होंने कहा कि श्री ग्रू नानक देव जी के समय के जीवन को दर्शाने के लिए पिंड बाबे नानक के नाम से एक सांस्कृतिक परिसर भी स्थापित किया जायेगा उप राष्ट्रपति ने कहा कि सुल्तानप्र लोदी के रेलवे स्टेशन को आध्निक सुविधाओं के साथ विकसित किया जायेगा और रेल मंत्रालय दवारा एक रेलगाड़ी चलाई जायेगी जो ग्रू नानक देव जी से सम्बधित सभी पवित्र स्थानो से होकर ग्ज़रेगी उप राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यकत की कि केनद्र सरकार ने ग्रू नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में अंर्तधर्म अध्ययन केन्द्र की स्थापना और इंग्लैड व कनाडा के एक एक विश्वविदयालय में श्री ग्रू नानक देव जी पर एक एक पेपर स्थापित करने की योजना बनाई है श्री नायड् ने कहा कि ग्रूवाणी का विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जायेगा और सम्मेलनों का आयोजन का ग्रू जी की शिक्षाओं व विचारधाराओं का प्रसार किया जायेगा नीति आयोग के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज कहा है कि भविष्य की शहरी योजनाओं व नीतियों के नियोजन के लिये प्र्न इस्तेमाल और रिसाईकल आवश्यक है नई दिल्ली मे शहरी जल प्रबंधन के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए श्रीकांत ने कहा कि भारत की उच्च विकास दर हासिल करने के लिए इसका सीधा सम्पर्क पानी का सतत इस्तेमाल है इस अवसर पर बोलते हए पेजयल व स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि देश मे पानी राज्य का विषय है जिसमें जल प्रबंधन का सहयोग और स्वामित्व महत्वपूर्ण हो जाता है उन्होंने कहा कि पानी के भंडारण वितरण और उपचार के लिए आधारभूत संरखना का होना जरूरी है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान की रक्षा और इसे मजब्त करना न्यायापलिका कार्यपालिका और विधानपालिका की सांझा जिम्मेदारी है और इन तीनों को यह जिममेदारी जनता की भागीदारी के साथ निभागी चाहिए श्री कोविंद आज नई दिल्ली में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि संविधान नागरिककों को सशक्त बनाता हैपर उन्हें भी संविधा का पालन कर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे मजब्त करना चाहिए उन्होंने कहा कि डॉ अम्बेडकर और संविधान सभा में उनके सहयोगी बहृत विशाल हद्वय थे जिन्होंने संविधान में संशोधन को लचीला बनाया और विभिन्न विचारों को इसमें आत्मसात किया उच्चतम न्यायालय के प्रधान नयायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गगोई ने अपने सम्बोधन में कहा कि भारतीय संविधान वंचित वर्गो की आवाज़ और बहमत का विवेक है कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने सम्बोधन में कहा कि धर्म जाति सम्दाय आर्थिक संपन्नता या साक्षरता का भेद किये बिना एक आम भारतीय का देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाये रखना भारतीय संविधान की विशेषता है हरियाणा के आज कई जगह संविधान दिवस मनाया गया

पलवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दवारा राजकीय माध्यमिक विदयालय द्र्गाप्र में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें संविधान निर्माता डॉ भीम राव अम्बेडकर को याद किया गया और उनके अतूल्य योगदान बारे बताया गया

उन्होंने कृषि व ग्रामीण संरचना के लिए पृन वित्त की मंजूरी व संवितरण की नाबार्ड हरियाणा की सराहना की इससे पूर्व अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नाबार्ड के हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक अरूण शुक्ला ने कहा कि यह गर्व की समय है उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई विकास पहलों की विस्तृत जानकारी दी और संतोश जताते हए कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी स्थापना से अब तक एक लाख करोड़ रूपये से अधिक के ऋण कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दिये है

प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय फ्टबाल फेडरेशन द्वारा किया किया गया है जिसमें टीम को हरियाणा फुटबाल संघ के बैनर के नीचे टीम को भेजा गया है

वे आज जिले के जगाधौली गांव में हरी च्नरी चौपाल को सम्बोधित कर कर रही थी उन्होंने कहा कि पार्टी का संविधान जनता की राय के अन्सार होगा नैना चौटाला ने कहा कि गरूर करने वाले ज्याद दिन तक जनता को ग्मराह नहीं कर सकते